प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र कल से हआ शुरू राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किया सम्बोधित कहा प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से कर रही है विकास केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जनादेश नहीं है दिल्ली का चुनाव परिणाम उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लम्बित आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का दिया निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के वुहान में फंसे भारतीयों को निकालने के कार्य में एयर इंडिया और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के योगदान की प्रशंसा की है प्रधानमंत्री ने इन भारतीयों को सुरक्षित निकालने के अभियान में लगे सदस्यों को प्रशंसा पत्र जारी किया है नागर विमानन राज्यमंत्री द्वारा ये पत्र एयर इंडिया के चालक दल के हवाले किया जाएगा एयर इंडिया ने वुहान शहर से भारतीयों को निकालने के लिए आपातकालीन उड़ाने की थीं कोरोना वायरस के नियंत्रण और प्रबंधन के प्रयासों की समीक्षा के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह ने कल नई दिल्ली में बैठक की मंत्रियों को इस नये वायरस कोविड उन्नीस की स्थिति की जानकारी दी गई केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इस वायरस से संक्रमित केरल के तीन लोगों की हालत स्थिर है चीन से आने वाले यात्रियों के वीजा पर अस्थायी रोक तथा यात्रा सम्बन्धी अन्य परामर्शो पर भी चर्चा की गई प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो गया

बजट सत्र के पहले दिन कल प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सम्बोधित किया अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रही है राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण एवं शहरी आवास योजना में सत्रह लाख से अधिक आवास बनाकर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है वहीं राज्य सरकार उज्जवला योजना अटल पेंशन योजना सौमाग्य योजना शौचालय आवास जैसी विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित कर रही है राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश ने छियासी हजार सात सौ करोड़ रूपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भ्गतान कर देश में प्रथम स्थान हासिल किया है श्रीमती पटेल ने कहा कि पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के मक्सद से महानगरीय क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है उन्होंने कहा कि जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए यूपी कॉप मोबाइल एप बनाया गया है जिसमें अट्ठाईस सेवाओं का समावेश किया गया है राज्यपाल के अभिमाषण के दौरान समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदन में हंगामा किया इन सदस्यों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और किसानों की दयनीय स्थिति बेरोजगारी नागरिकता संशोधन कानून और अन्य मुददों को लेकर भारी शोर शराबा किया और नारेबाजी की बाद में निर्घारित कार्यवाही को पूरा करने के बाद सदन को आज ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि पिछले महीने एल पी जी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी आने के कारण रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में एक सौ चौवालिस रूपये पचास पैसे की वृद्धि की गई चूंकि सरकार रसोई गैस पर सब्सिडी देती है इसलिए ग्राहकों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रति सिलेंडर दी जा रही एक सौ चौदन रुपये की सब्सिडी बढ़ाकर अब दो सौ इक्यावन रुपये कर दी है इस कारण रसोई गैस के सब्सिडी प्राप्त उपमोक्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने का कोई असर नहीं पड़ेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली सक्सिडी भी एक सौ पचहत्तर रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़कर तीन सौ बारह रुपया प्रति सिलेंडर हो गई है रसोई गैस की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की विपक्षी दलों की मांग के बाद सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण आया है

कल शाम एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए श्री शाह ने कहा कि चुनाव प्रचार अमियानों के दौरान विवादास्पद बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए थी और पार्टी ने ऐसी टिप्पणियों से अपने को दूर रखा उन्होंने कहा कि भाजपा केवल परिणामों के लिए चुनाव नहीं लड़ती सिर्फ जय पराजय के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते जय पराजय के भी मायने है इसके लिए भी लड़ते हैं मगर सिर्फ जय पराजय के लिए हम नहीं लख्ते और जहां तक परिणामों का सवाल है मैं बिल्कल विनक्रता से स्वीकार करता हूं कि हम चुनाव हारे हैं और एक जिम्मेदार विप्स के नाते दिल्ली में बैठकर बड़े स्प्रीट से ये सरकार ढंग से चले इसकी चिंता करेंगे

विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है श्री शाह ने कहा कि सरकार ने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ मेदभाव नहीं किया उन्होंने कहा कि पिछले सत्तर वर्षो के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को अनदेखा किया गया जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद में कई ऐतिहासिक कानून पारित किए गए श्री शाह ने कहा कि शाहीनबाग में विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक नहीं है उन्होंने कहा कि सभी को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है लेकिन हिंसा उचित नहीं है तथा हड़दंग जैसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में लोगों को जोड़कर तथा सामान्य दृष्टिकोण अपनाकर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान स्थापित करना है इस कार्यक्रम में प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए जोड़ा गया है हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश के युवा ईटानगर जाकर वहां सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे

आकाशवाणी के साथ बातचीत करते हुए नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक मनोज समाधिया ने बताया इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के साथ साथ अरूणाचल प्रदेश और मेघालय का एम ओ यू हुआ है

इस कार्यक्रम के माध्यम से जो राष्ट्रीय एकता है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा एक संकल्प है वो सरदार वल्लम भाई पटेल का वो साकार होगा

न्यायालय ने राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपनी वेबसाइट पर कारण बतायें कि ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव क्यों किया गया है जिन के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लम्बित हैं